श्री खान ने बताया कि अमृतसर गुजरात सुपर एक्सप्रेस हाइवे का कार्य शुरू हो चुका है

बंद के दौरान राजधानी जयपुर कोटा गंगापुर सहित कुछ जगह पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं और व्यापारियों के बीच झडपें हुई और गंगापुर में तो पुलिस को कार्यकर्ताओं को अलग करने के लिये हल्का बल प्रयोग करना पडा

बंद को संफल बनाने के लिये प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सचिन पायलट कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे और डॉ सीपी जोशी सहित कई नेता सड़कों पर उतरे जिसके कारण कुछ स्थानों पर व्यवसाइयों ने बाजार बंद रखा

श्रीमती राजे ने राजगढ में बाँध बनाये जाने और राजगढ पिलानी हाईवे के निर्माण की घोषणा की इससे पहले मुख्यमंत्री ने हनुमानगढ जिले के भादरा में जनसभा में सरकार की उपलब्धियों और योजनाओं का जिक किया उन्होंने कहा कि सरकार ने हर वर्ग का ध्यान रखते हुए पेट्रोल डीजल पर वैट में छूट दी है

जुलाई और अगस्त माह के बढे हुए महंगाई भत्ते की राशि संबंधित कर्मचारियों के सामान्य प्रावधायी निधि खाते में जमा की जाएगी तथा एक सितम्बर से महंगाई भत्ते का नकद भूगतान दिया जाएगा

कर्नल राठौड़ ने आकाशवाणी और दूरदर्शन की समाचार विश्वसनीयता के लिए सराहना की

जोधपुर संभाग सहित प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में मतगणना कल एक साथ होगी और कल ही परिणाम जारी कर दिया जायेगा

उन्होंने कहा कि खासकर यूवा वर्ग और दिव्यांगजनों को मतदान केन्द्र तक लाने की हर अनूठी कोशिश को आयोग और विभाग प्रोत्साहित करेगा

वे यहां विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेंगे प्रदेश अध्यक्ष मदनलाल सैनी ने आज शाह के दौरे की सभी तैयारियां का जायजा लिया